जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की वेबिनार के माध्यम से कल आयोजित इस कार्यक्रम में श्री मुंडा ने कहा कि इस नयी योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के संस्थागत विकास पर जोर दिया गया है वहीं जनजातियों समाज की पारंपरिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जायेगा इससे पूर्व आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने कहा कि जनजातीय लोग पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं

इस मॉडल के तहत जनजातीय युवकों के बीच से ही युवा स्वयंसेवियों को व्यक्ति विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का सुजन किया जायेगा ताकि वे जनजातीय समुदाय के लिए काम करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी जिम्मेदार जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हए तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षो से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो आर्थिक अपराध हों मादक पदार्थों का अवैध व्यापार हो मनी लॉन्ड्रिंग हो या आतंकियों को धन मुहैया करना हो ये सभी एक दूसरे से जुड़े अपराध हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरूद्व व्यवस्थित जांच प्रभावी लेखा परीक्षा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि त्योहार मनाते समय कोरोना संकमण से बचाव संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि जन धन आयुष्मान उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख दो सौ चौबीस हो गयी है साथ ही तिरानबे हजार आठ सौ चौहत्तर लोग अबतक स्वस्थ भी हो चुके हैं कल पांच सौ छह लोगों ने कोरोना को मात दी राज्य में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने की दर लगभग चौरानबे प्रतिशत हो गयी है

इस संबंध में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने बोकारो के उपायुक्त को निर्देश दिया है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

इस चरण में सोलह जिलों में इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वोटिंग जारी है दो करोड़ चौदह लाख मतदाता एक हजार छियासठ उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे

मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा मुख्य चुनाव अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं

चार नक्सल प्रभावित क्षेत्र चैनपुर नबीनगर कृतम्बा और रफीगंज में मतदान तीन बजे तक ही होगा जबकि पांच अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक वोट डाले जायेंगे

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों की सेवाशर्त में सुधार तथा उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है विकास आयुक्त के निर्देश के बाद के राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने सभी विभागों प्रमंडलीय आयुक्त उपायुक्तों को पत्र लिखा है और उनके अधीनस्थ अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों की पूरी जानकारी मांगी है कार्मिक विभाग ने अन्य सभी विभागों से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सेवा नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों की अर्हता भी उपलब्ध कराने को कहा है लोहरदगा जिले में इस वर्ष की मध्यमा और मदरसा की परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है

नवाचार के तहत शुरू की गयी ऑनलाइन व्यवस्था में छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम आधारित उच्च गुणवत्ता के वीडियो के साथ साथ विषयों से संबंधित पीडीएफ फाइल वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं करियर गाइड लाइन की सामग्री के अलावे अपनो विचार रखने की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी गयी है इस व्यवस्था को तैयार करने में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल का प्रयास सराहनीय रहा है

पलामू जिले के मेदिनीनगर में खाद्य सामग्रियों में मिलावटखोरी के खिलाफ कल छापामारी अभियान चलाया गया इस दौरान मुख्य बाजार में संचालित दो किराना स्टोर और उसके गोदाम को सील कर दिया गया अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक ने बताया कि लोगों से शिकायत मिल रही थी कि इस किराना द्कानों में सरसो तेल और चावल में मिलावट कर उसकी बिक्री की जा रही है गढ़वा जिले में के उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय ने कहा है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनमें आनेवाली समस्याओं का मूल्यांकन और निगरानी के लिए आज से एक नवंबर तक क्षेत्र भ्रमण किया जायेगा

मुख्य रूप से जिले के चार प्रखंड केतार खराँधी मेराल व गढ़वा में योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल लेवल मॉनिटर के पदाधिकारी डॉ सुशील सिंह चौहान की संयुक्त अध्यक्षता में कल बैठक की गयी जिसमें श्री चौहान ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ली तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया वहीं उप विकास आयुक्त श्री उपाध्याय ने बताया कि नेशनल लेवल मॉनिटर के सहयोग के लिए जिले के पदाधिकारियों को लगाया गया है चतरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कल शाम दो सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के खरीक इलाके में घटी

जहां कोयला लोडेड हाइवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

रांची से पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के तीन बच्चों के बाधमुंडा नदी में बह जाने की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है बिहार विधानसभा के पहले चरण के तहत आज हो रहे मतदान की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहली सुर्खी बनाई है दैनिक जागरण ने गुमला में भाई बहन की निर्मम हत्या की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी में प्रकाशित हिन्दुस्तान टाईम्स ने जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने संबंधी सरकार द्वारा किये गए संशोधन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं द टाईम्स ऑफ इंडिया हाथरस मामले की जांच की इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निगराणी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है